अमरीका चीन रूस के बाद दुनिया का चौथा देश प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं ने इस सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी

अंतरिक्ष उपलब्धि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दल कलाम द्वीप से मिशन शक्ति यानी उपग्रहभेदी प्रक्षेपास्त्र ए सैट का सफल परीक्षण किया युद्धक प्रक्षेपास्त्र ने अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे लक्ष्य का सफलतापूर्वक निशाना बनाया सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रक्षेपण केंद्र के तकनीकी उपकरणों ने इस बात की पुष्टि की है कि तीन चरणों वाले इस भेदक प्रक्षेपास्त्र ने मिशन के अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया इस परीक्षण से बाहरी अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की रक्षा करने की देश की क्षमता साबित होती है इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की क्षमता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में बताया कि भारत ने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक सक्रिय उपग्रह को निशाना बनाकर अपनी उपग्रह भेदक क्षमता का भली भांति प्रदर्शन किया है

प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति से जुडे वैज्ञानिकों और डीआरडीओ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने भी मिशन शक्ति की सफलता के लिये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि मिशन शक्ति देश को लिये महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है उन्होंने कहा कि एन्टी सेटेलाइट मिसाइल का परीक्षण भारत की वैज्ञानिक प्रगति लोगों की सुरक्षा और सशस्त्रीकरण के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास की प्रतिबद्वता को प्रदर्शित करता है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी ट्वीट संदेश के जरिये वैज्ञानिकों को बधाई दी शक्ति प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा है कि वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा है कि देश के लिये और विशेषकर वैज्ञानिकों के लिये आज एक ऐतिहासिक दिन है उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हए कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की लम्बे समय से इच्छा थी कि हमारे पास मिशन शक्ति को लॉन्च करने की क्षमता है लेकिन उस समय की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी भाजपा पर पलटवार करते हए कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने दावा किया कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने ए सेट कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो आज फल फल रहा है श्री पटेल ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह के द्रदर्शी नेतृत्व की सराहना की प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट संदेश के जरिए डीआरडीओं के वैज्ञानिकों को बधाई दी

इसके लिए तैयारिया शुरू हो गई है टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर ने जिले के विभाग प्रमुखों से अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है

शिवपुरी जिले में भी सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से लेकर पांच वर्ष आय तक के बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जायेगी

उधर खंडवा जिले में अभियान को सफल बनाने के लिए कल एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला स्वास्थ्य कार्यकम अधिकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी सेक्टर चिकित्सा अधिकारी बीईई और बीपीएम शामिल हुए कार्यशाला में बनाई गई कार्ययोजना में जिले के मजरे टोले ईंट भट्टे निर्माणाधीन मकानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को चिन्हित किया गया

इसी के तहत बैतूल जिले में स्वीप के जिला नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरडोंगरी में मतदाता जागरुकता अभियान चलाया गया वहीं बैतूल के शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए मतदान का संदेश दिया गया कटनी जिले में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मतदाता शपथ जागरुकता रैली मानव श्रृंखला के जरिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया वहीं दमोह में जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने स्थानीय घण्टाघर पर हस्ताक्षर पटल पर हस्ताक्षर कर अभियान की शुरूआत की रायसेन में भी मत प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपेट से रूबरू कराने के लिए बेगमगंज में मतदाताओं के समक्ष मशीनों का प्रदर्शन किया गया इस दौरान डमी वोट भी डालकर प्रक्रिया को समझाया गया उमरिया जिले की मानपूर तहसील में शाम होते ही गीत मण्डलियों द्वारा मतदान केंद्रों पर गीतों के जरिये ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है उधर ग्ना में शहरी आजीविका मिशन द्वारा मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई छिंदवाड़ा में नगर निगम द्वारा राहगीरी डे की तर्ज पर अब वोटगीरी कार्यकम चलाया जा जायेगा शीतला सप्तमी शीतला सप्तमी के अवसर पर आज प्रदेश में धार्मिक अनुष्ठान किये गये खंडवा जिले में शीतला सप्तमी के अवसर पर महिलाओं ने माता शीतला को एक दिन पूर्व बनाया ठंडे भोजन का नैवेद्य आदि अर्पित कर अपने परिवार के दीर्घायु की कामना की हमारे आगर मालवा संवाददाता ने बताया है कि इस पर्व पर महिलाओ ने परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना को लेकर शीतलामाता की पूजा अर्चना की उधर धार जिले में भी आज श्रद्वा और उत्साह के साथ शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया इस दौरान कई स्थानों पर होली भी खेली गई आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रात आठ बजे से कोलकाता नाइट राईडर्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी हैं मौसम इस बार मार्च में ही मौसम के तेवर तीखे हो गए हैं

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कमार नायक ने बताया कि राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में गर्माहट की वजह से तापमान बढ़ चुका है वहां गर्म हवा चल रही है जबकि नमी बिलक्ल नहीं है

इनमें ग्वालियर चंबल धार खरगोन रीवा सतना छिंदवाड़ा रतलाम बैतूल मंदसौर नीमच टीकमगढ़ छतरपुर जिले शामिल हैं

राजगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी निधि निवेदिता ने लोगों से सी विजिल एप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामलों की शिकायत करने की अपील की है धार जिले में मतदानदलों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता लाने के निर्देश दिये गये हैं कटनी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एनसीसी कार्यालय के पीछे संचालित किया जा रहा है खंडवा में जीआरपी ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है ये आरोपी नकली पुलिस बनकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे

छतरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोलपंप संचालकों से पेट्रोल डीजल का स्टाक बनाये रखने के निर्देश दिये हैं

शहडोल में आज सूचना का अधिकार कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया